विपक्षी दलों ने सीबीआई से जांच कराये जाने की मांग की

हंगामे के कारण प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं चल सकी भोजनावकाश के बाद भी विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राजद सहित विपक्ष के अन्य सदस्य इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग करने लगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस मामले में सदन में सरकार से जवाब की मांग की उन्होंने सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस मुद्दे पर सदन में जवाब भी दिया उन्होंने कहा कि कोई कितने भी रसूख वाला हो दोषी होने पर छोड़ा नहीं जायेगा श्री मोदी ने कहा कि टाटा सामाजिक अनुसंधान संस्थान टीआईएसएस की जांच रिपोर्ट पर सरकार ने कार्रवाई शुरू की है इसलिए किसी को बचाने का सवाल ही नहीं उठता है भोजनावकाश के बाद संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने इस मामले में सरकार की ओर से उत्तर दिया श्री कुमार ने कहा कि इस मामले में अब तक ग्यारह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है विधान परिषद में भी मूजफ्फरपूर कांड को लेकर विपक्षी सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा किया परिषद् में विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी ने इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग की केन्द्र सरकार ने कहा है कि वह मूजफ्फरपूर में बालिका गृह यौन शोषण कांड और वहां रहने वाली बच्चियों की कथित हत्या के मामले की सीबीआई से जांच कराने को तैयार है लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस और राजद सदस्यों द्वारा इस मामले में उठाये गये सवालों का जवाब देते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य सरकार यदि सीबीआई जांच कराने की सिफारिश करती है तो केन्द्रीय एजेंसी से इसकी जांच करायी जायेगी

प्रलिस महानिदेशक के एस द्विवेदी ने कहा है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में अनुसंधान तीव्र गति से चल रहा है और फिलहाल सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं है उन्होंने कहा कि ग्यारह अभियुक्तों के खिलाफ आरोप सही पाये गए हैं और इनमें से दस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है श्री द्विवेदी ने संवाददाताओं को बताया कि फरार अभियुक्त दिलीप वर्मा के खिलाफ भी पुलिस ने इश्तेहार निकाला है और एक महीने के अंदर गिरफ्तारी नहीं किए जाने पर उसकी संपत्ति की कुर्की जब्ती की जायेगी उन्होंने कहा कि फिलहाल मुजफ्फरपुर बालिका गृह की सभी लड़कियों को मोकामा और अन्य बालिका अल्पावास ग्रहों में भेजा गया है जहां मनोचिकित्सक परामर्शी काउंसलर की देखरेख में उनकी जांच चल रही है पुलिस महानिदेशक ने इस बात की भी जानकारी दी कि मुजफ्फरपुर में बालिका गृह की खुदाई में कुछ भी नहीं मिला है लेकिन वहां की मिट्टी को एफएसएल में जांच में भेजा गया है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी मंत्रिमंडल ने प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रखंड स्तर तक खेल समिति गठित करने का निर्णय लिया है साथ ही पक्की नाली गली योजना को हाईटेक स्वरूप देते हुए योजना की निगरानी के लिए आईटी मैनेजर का पद सृजित किया गया है पटना के फूलवारीशरीफ स्थित महावीर कैंसर संस्थान में अक्टूबर से कैंसर मरीजों के लिए बोनमैरो ट्रांसप्लांट सेवा शुरू हो जायेगी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने इसकी जानकारी दी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे प्रत्येक मरीज की चिकित्सा के लिए पांच लाख रूपये सहायता राशि देने की घोषणा की है राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है मौसम विभाग ने अपने पूर्वान्मान में कहा है अगले एक दो दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में इस माह के अंत में और अगले माह के पहले पखवारे में पर्याप्त वर्षा होगी जिससे सूखे का सामना कर रहे किसानों को थोड़ी बहुत राहत मिलने के आसार है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान किशनगंज के तैयबपुर और ठाकुरगंज में सबसे अधिक चौदह चौदह सेंटीमीटर बारिश रिकार्ड की गई है प्रदेश में गंगा सोन और कोसी नदी के जलस्तर में कई स्थानों पर बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर और हाथीदह घाट पर बढोतरी देखी गयी वहीं सोन नदी का जलस्तर भोजपुर जिले के कोइलवर में धीरे धीरे बढ़ रहा है आज यह खतरे के निशान से सात मीटर नीचे रहा कोसी नदी के जलस्तर में कुरसेला घाट पर लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है यहां नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ढ़ाई मीटर नीचे रह गया है वहीं महानंदा बागमती बूढ़ी गंडक और पुनपुन नदी के जलस्तर में कमी हो रही है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि सुखाड़ की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार प्ररी तरह तैयार है श्री कुमार ने कहा कि आकस्मिक फसल योजना तैयार कर ली गयी है और विभिन्न जिलों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप वैकल्पिक फैसलों के बीज भेजे जा रहे हैं पंचायत और प्रखंड स्तर पर शिविर लगाकर आकस्मिक फसल के बीज किसानों को मुफ्त उपलब्ध कराये जायेंगे कृषि मंत्री ने कहा कि जुलाई महीने में सामान्य से छियालीस प्रतिशत कम बारिश हुई है अभी तक धान की रोपनी में कुल लक्ष्य का चौबीस प्रतिशत ही रोपनी हुई है वैशाली जिले के विद्युपर थाना के कंचनपुरा चौक के पास पुलिस ने एक ट्रक से ढ़ाई हजार बोतल से अधिक शराब बरामद की है इस मामले में एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया जबकि वैशाली थाना क्षेत्र के चकरामदास गांव से एक हजार बोतल से अधिक शराब जब्त की गयी है इधर गया जंक्शन पर दो अलग अलग ट्रेनों में छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त की है इस दौरान एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है वहीं भोजपुर जिले के एक स्थानीय अदालत ने दो हजार बारह में जहरीली शराब पीने से इक्कीस लोगों की मौत के मामले में पन्द्रह अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय कर दिये हैं छब्बीस जुलाई को इस मामले में सजा सुनायी जायेगी विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला अठाईस जुलाई से शुरू हो रहा है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये कांवरियां पथ पर पचासी एम्बुलेंस उनतीस अस्थायी केंप और अस्सी प्रकार की दवाईयां मुफ्त देने का प्रबंध किया जा रहा है इसके साथ ही भागलपुर और मुंगेर में पन्द्रह पन्द्रह जबकि बांका क्षेत्र में तीस चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी औरंगाबाद जिले के नक्सल प्रभावित सलैया थाना क्षेत्र से पुलिस ने प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के कट्टर नक्सली बिंदेश्वर यादव को गिरफ्तार किया है

समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के रहुआ चौक के पास एक पिकअप वैन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गयी

विपक्षी दलों ने सीबीआई से जांच कराये जाने की मांग की